हिमाचल प्रदेश का स्वर्ण जयंती पूर्ण राज्यत्व दिवस कल शिमला में होने वाले समारोह की तैयारियां पूरी

बीती रात हुए हिमपात व वर्षा के बाद प्रदेश में शीतलहर बढ़ी कल से मौसम साफ रहने के आसार

प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि केन्द्र सरकार ने बालिकाओं को सशक्त बनाने और भेदभाव समाप्त करने के लिए कई कदम उठाए हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर एक ट्वीट में उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में शानदार उपलब्धियां हासिल करने के लिए देश की बेटियों की सराहना की प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने लड़कियों को सशक्त करने के साथ साथ उनकी शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवा की दिशा में भी कदम उठाए हैं उन्होंने कहा कि आज का दिन लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए काम करने वालों और उन्हें सम्मान के साथ जीवन में समान अवसर दिलाने वालों की सराहना का भी दिवस है बालिका दिवस इस बीच राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए कड़ाके की ठण्ड के बीच केलंग में उपायुक्त पंकज राय ने लोगों को सही पोषण देश रोशन की शपथ दिलाई उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा बालिकाओं के उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं बिलासपुर में अतिरिक्त ज़िला दण्डाधिकारी तोरूल रवीश ने एक बूटा बेटी के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया कांगड़ा ज़िला प्रशासन ने धर्मशाला में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया

इस अवसर पर राज्यस्तरीय स्वर्ण जयंती राज्यत्व समारोह शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित किया जाएगा इसे लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने आज समारोह की तैयारियों का जायजा लिया उन्होंने इस समारोह को सफल बनाने के लिए अधिकारियों को व्यापक प्रबंध करने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि समारोह में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के शामिल होने को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हई है हालांकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर इस दौरान मौजूद रहेंगे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे इस समारोह का वर्चुअल माध्यम से सभी ज़िला मुख्यालयों व उपमण्डलों में प्रसारण किया जाएगा बधाई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष क्लदीप सिंह राठौर ने लोगों को पूर्ण राज्यत्व दिवस की शुभकामनाएं दी हैं उन्होंने कहा कि हिमाचल के हर क्षेत्र में चहुंमुखी विकास हुआ है जिसके लिए प्रदेश के लोग बधाई के पात्र हैं पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी पूर्ण राज्यत्व दिवस पर लोगों को बधाई दी है महेन्द्र सिंह मण्डी ज़िले में धर्मप्र क्षेत्र के भराड़ी में जल शक्ति विभाग के मण्डलीय कार्यालय का जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाक्र ने आज लोकार्पण किया एक जनसभा में उन्होंने कहा कि इस कार्यालय के ख्लने से क्षेत्र में पेयजल व सिंचाई परियोजनाओं को नई गति मिलेगी वीरेन्द्र कंवर कृषि मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि प्रदेश में हींग की खेती की पायलट परियोजना सफलतापूर्वक आरम्भ की गई है

वीरेन्द्र कंवर ने बताया कि पायलट परियोजना के तहत कवर किए गए क्षेत्रों के साथ लगते नए क्षेत्रों में भी हींग की खेती की संभावनाएं तलाशने का कार्य किया जाएगा

सभी जिलों में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर सौ से नीचे रह गई है

वन मंत्री वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में पंचायती राज संस्थाओं की अहम भूमिका है वे आज कांगड़ा ज़िले के नूरपुर में नवनिर्वाचित प्रधानों उप प्रधानों और समिति सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह में बोल रहे थे उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपने क्षेत्रों के विकास के लिए मिलजुल कर कार्य करने और नई नई परियोजनाएं तैयार करने का आग्रह किया

उन्होंने कहा कि लोगों ने नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को विश्वास और अपेक्षाओं के साथ चुनकर भेजा है

मौसम प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बीती रात हुए हिमपात के बाद शीतलहर बढ़ गई है राज्य के अनेक भागों में न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे बना हुआ है

स्काउट एंड गाइड वन युवा सेवाएं व खेल मंत्री राकेश पठानिया को हिन्दुस्तान स्काउट एण्ड गाईड का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है संघ के चेयरमैन सुनील कृष्ण कौल ने आज इस संबंध में जानकारी दी है उन्होंने कहा कि राकेश पठानिया की इस ताजपोशी से स्काउट एण्ड गाईड की गतिविधियों के साथ साथ प्रदेश में अन्य खेल गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा